भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभित शाह ने हरी झण्डी दिखाकर यात्रा को रवाना किया इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस दो महराजा और एक धनपति के बूते पर सरकार बनाना चाहती है पर इन नेताओं को यूपीए के दस सालों का हिसाब जनता को देना होगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाया श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में दो सौ से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा चौथी बार सरकार बनायेगी वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने एक बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया हैअब इसे समृद्ध प्रदेश बनायेंगे मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी का सेनापति कौन है जबकि हमारे पास नरेन्द्र मोदी हैं मुख्यमंत्री ने दस साल पहले प्रदेश में कांग्रेस शासन की असफलतायें भी गिनाईं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह और प्रदेश मंत्रिमण्डल के कई सदस्य मौजूद रहे पीएम शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार देश की और देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को समझते हुए योजनायें बना रही है और फैसले ले रही है उन्होंने ये बात आज उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करते हुए कही प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तेईस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे इस सुविधा के होने से पर्यटन और रोजगार पैदा होगा उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में उत्तरप्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ है आगे चलकर बुंदेलखण्ड में भी एक्सप्रेस वे बनाया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार साल में नेशनल हाईवे का नेटवर्क दूगना हुआ है रास सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने उत्तरप्रदेश के दलित नेता राम शकल जाने माने विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा प्रख्यात प्रस्तर शिल्पी रघुनाथ महापात्रा और सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को राज्यसभा का नया सदस्य मनोनीत किया है कांग्रेस बैठक मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमेन मधुसूदन मिस्त्री ने पार्टी नेताओं से चर्चा की श्री मिस्त्री ने भोपाल में कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी बनाने से पहले उसकी जीत की संभावनायें देखी जायेंगी स्कीनिंग कमेटी ने आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के अलावा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और नगर पालिका जिला और जनपद पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से मुलाकात की मंगल पाण्डे अमर शहीद मंगल पाण्डे का जन्मदिन समारोह भोपाल में शुरू हुआ दो दिवसीय कार्यकम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने किया ब्राम्हण समाज ऑफ इण्डिया संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मिश्र ने कहा कि देश को आजाद कराने में मंगल पाण्डे की शहादत कभी भूलाई नहीं जा सकती संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाक्टर विश्वपति त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय समाज आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है लेकिन सामाजिक कुरीतियों से आज भी पूर्ण रूप से मुक्त नही हुआ है दहेज जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म करने की जरूरत है विद्युत एप अब लोग बिजली फॉल्ट एवं बिल संबंधी शिकायतें टोल फ्री नंबर के साथ ही मोबाइल एप उपाय पर भी दर्ज करा सकेंगे इस एप से उपभोक्ता सीधे अपनी शिकायत कॉल सेंटर में दर्ज करा सकते हैं कंपनी के आईटी विभाग द्वारा इस एप के जरिए उपभोक्ताओं को बिजली बिल भूगतान के अलावा विद्युत अवरोध और बिलिंग संबंधी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध करवाई है इस एप में लॉग इन की बाध्यता नहीं है उपाय एप को गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है इस एप को भोपाल होशंगाबाद ग्वालियर और चंबल संभाग के बिजली उपभोक्ता उपयोग कर सकेंगे पदभार प्रदेश के नये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बी एल कान्ताराव और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश जाटव ने आज अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली

इस परीक्षा में सामूहिक नकल किये जाने और एक ही गाइड से अस्सी फीसदी सवाल पूछे जाने का मामला सामने आया था राजस्व विभाग ने नायब तहसीलदार के एक सौ उनहत्तर पदों पर भर्ती के लिए विभागीय परीक्षा कराने की जिम्मेदारी पीईबी को सौंपी थी विभागीय परीक्षा में राजस्व विभाग के लिपिक पटवारी और राजस्व निरीक्षक शामिल हुए थे लोक अदालत खण्डवा जिले में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया यहां सत्रह खण्डपीठों के माध्यम से समझौता योग्य प्रकरणों के निराकरण किये गये जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि प्री लिटिगेशन प्रकरणों में विद्युत संबंधित चार हजार से अधिक लंबित मामले रखे गये थे अधिकांश मामलों में पक्षकारों के बीच आपसी समझौते से प्रकरण निपटाये गये देवास जिले में समझौता योग्य अपराधिक सिविल पारिवारिक विवाद घरेलू हिंसा सहित अन्य मामलों में आपसी समझौते से प्रकरण निपटाये गये सिंधिया बैठक प्रदेश कांग्रेस चूनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लड़ना है उन्होंने आज जबलपुर में संभाग स्तरीय चुनाव अभियान समिति की बैठक लेते हुए कहा कि जीत की मंजिल पाने हम प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे श्री सिंधिया ने बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस बल में पचास प्रतिशत महिलाओं की भर्ती होना चाहिये

दो दिवसीय समारोह का आयोजन साहित्य अकादमी दिल्ली और भारत भवन की ओर से किया जा रहा है समारोह में पूर्वोत्तर की लेखनी और रचनाशीलता पर चर्चा होगी इसके अलावा लोक विविघ स्वर पर आधारित नौटंकी की प्रस्तुति होगी जगन्नाथ रथयात्रा ओड़िशा के पूरी से नौ दिवसीय भगवान श्री जगन्नाथ रथयात्रा आज कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई ढोल मंजीरे और हरिबोल के जयकारों के बीच अलग अलग रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों ने चलना शुरू किया भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर की ओर जाने वाली तीन किलोमीटर लंबे मार्ग पर आज सुबह हजारों श्रद्वालु इस विश्वप्रसिद्ध वार्षिक रथयात्रा को देखने के लिए एकत्र हुए इस रथयात्रा में भाग लेने के लिए देश भर से लाखों श्रद्वालुओं ने यहां आना शुरू कर दिया है

इस दौरान ग्वालियर चम्बल संभाग और झाबुआ अलीराजपुर धार देवास इंदौर होशंगाबाद बैतूल हरदा विदिशा और रायसेन जिलों में अनेक स्थानों में गरज चमक के साथ बौछारों के अलावा कही कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है राजधानी भोपाल में भी इस दौरान बादल छाए रहेंगे हल्की से मध्यम और तेज हवाओं के साथ तेज़ बौछारें पड़ सकती हैं

सम्मेलन में पूर्व आईएएस हीरालाल त्रिवेदी एक करोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे